लोकसभा चुनाव के छठें चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया इस चरण में प्रदेश की चौदह लोकसभा सीटों के लिये बारह मई को वोट डाले जायेंगे छठें चरण का मतदान बारह मई को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा इस चरण में लगभग दो करोड़ चौव्वन लाख मतदाता एक सौ सतहत्तर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदान के लिये सोलह हजार नौ सौ अट्ठानवे मतदान केन्द्र तथा उन्तीस हजार छिहत्तर मतदेय स्थल बनाये गये हैं पोलिंग पार्टियां मतदान वाले क्षेत्रों के लिये कल रवाना होंगी और विवरण हमारे संवाददाता से इस चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वे है सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अंबेडकर नगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीरनगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछली शहर और भदोही

सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं

यहां प्रमुख उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भाजपा नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भाजपा के जगदंबिका पाल और कांग्रेस नेता डॉक्टर संजय सिंह आकाशवाणी समाचार के लिए आजमगढ़ से मैं मुल्तान सिंह यादव प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकटेश्वर लू ने बताया कि चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है छठें चरण में सुल्तानपुर सीट पर होने वाले लोकसभा चुनाव में कुल पन्द्रह उम्मीदवार मैदान में हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए सुल्तानपुर से मैं दर्शन साहू बस्ती में आज शाम चुनाव प्रचार थमने के बाद सभी प्रत्याशी अब घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिये जनसम्पर्क कर रहे हैं एक रिपोर्ट बस्ती जिले में छठवें चरण का चुनाव प्रचार आज शाम पांच बजे थम गया सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिये जनसम्पर्क तेज कर दिया है बस्ती लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी को भाजपा ने पुनः प्रत्याशी बनाया है तो वहीं सपा बसपा गठबंधन से पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी और कांग्रेस से पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह सहित कुल ग्यारह प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेमामालिनी चुनावी जनसभाएं कर चुकी हैं वहीं गठबंधन प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी के पक्ष में बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रियंका वाड्रा जनसभाएं कर चुकी है वैसे बस्ती जनपद में मुख्य मुकाबला कांग्रेस भाजपा और गठबंधन के बीच देखा जा रहा है

छठें चरण के चुनाव के लिये सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार के अंतिम दिन आज अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज लोकसभा सीट के प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया वहीं अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने आज जौनपुर मछलीशहर और संतकबीर नगर में चुनावी जनसभाओं में शिरकत की

समाजवादी पार्टी की नेता और सांसद डिम्पल यादव और जया बच्चन ने भी प्रयागराज और फूलपुर में रोड शो कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया

छठें चरण का प्रचार आज थमने के बाद सभी राजनीतिक दलों के नेता अब लोकसभा चुनाव के आखिरी सातवें चरण की सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों के लिये समर्थन जूटाने के लिये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं इसी क्रम में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देवरिया और बलिया में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चूनावी सभाओं को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल गाजीपुर और रार्बट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल गोरखपुर सलेमपुर बलिया एवं मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में चनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है

सबसे अधिक तीस उम्मीदवार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोबारा चूनाव लड़ रहे हैं जबकि सबसे कम चार उम्मीदवार गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र के हैं

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों पर आधारहीन आरोप लगा रही है मायावती आज लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत कर रही थी मायावती ने कहा कि गठबंधन पर जातिवादी होने का जो आरोप लगाया गया है वह बहुत ही हास्यास्पद और अपरिपक्व भी है

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली इस समिति ने मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय मांगा था मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है इसमें प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा न्यायाधीश एस ए बोबड़े डी वाई चन्द्रचूड़ अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट ने सम्बद्ध पक्षों को अगले महीने की तीस तारीख तक समिति के सामने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने की अनुमति भी दे दी है उच्चतम न्यायालय द्वारा आठ मार्च को यह मामला मध्यस्थता के लिए सौंपे जाने के बाद आज पहली बार सुनवाई की गई शीर्ष न्यायालय ने समिति को मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने और इसे आठ सप्ताह में पूरा करने को कहा था मध्यस्थता समिति के अन्य दो सदस्य हैं आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू उत्तंराखण्ड में आज सुबह बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा शुरू हो गई है कड़ाके की ठंड के बावजूद आज बद्रीनाथ मंदिर में करीब दस हजार से अधिक श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना की ब्रह्म मुहुर्त में सुबह चार बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नर नारायण पर्वत के बीच स्थित मंदिर के कपाट खोले गए इस अवसर पर गढ़वाल राइफल के जवानों ने बैंड बाजों के जरिये वातावरण को भक्तिमय बना दिया केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह खुल गये थे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय में आज कहा कि उन्होंने चौकीदार चोर है टिप्पणी गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से कहने के मामले में बिना शर्त माफी मांग ली है इसलिये उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही बंद की जानी चाहिये प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही के लिये दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना पीठ ने इसके बाद कहा कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा